द्निया इससे जूझ रही है और इस वैश्विक महामारी के कारण हम सबका जीवन पूरी तरह से बदल गया है राष्ट्रपति ने कहा कि केन्द्र सरकार ने समय रहते प्रभावी कदम उठाये इसलिए वैश्विक महामारी पर नियंत्रण कर बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता पाई है बाइट केन्द्र सरकार ने पूर्वानुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिये थे इन असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की जनता ने प्ररा सहयोग दिया इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी के विकरालता पर नियंत्रण करने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है राष्ट्रपति ने सभी चिकित्साकर्मियों को अग्रिम पंक्ति का योद्धा बताते हुए कहा कि वे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब और रोजाना आजीविका कमाने वाले हुए हैं लेकिन सरकार ने उनको सहारा देने के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाये हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरूआत कर सरकार ने करोड़ों लोगों को जीविका दी है बाइट किसी भी परिवार को भूखा न रहना पड़े इसके लिए जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है

राष्ट्रपति ने सीमा पर तनाव के बारे में कहा कि जब विश्व समुदाय को कोरोना से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है तब हमारे पड़ोसी ने विस्तारवादी नीति को अपनाया बाइट आज विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिये

सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनः गति देने के प्रयास किये हैं कृषि में ऐतिहासिक सुधार किये गये हैं

एक वायरस ने इस मिथक को तोड दिया कि प्रकृति मनुष्य के अधीन है बल्कि सामंजस्य की आवश्यकता है दूसरा प्रकृति की दृष्टि में सभी एक समान हैं हमें पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा तीसरे स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने को आवश्यकता है इसके अलावा वैश्विक महामारी से लड़ने में विज्ञान और तकनीक को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है राष्ट्रपति ने कहा कि यह दौर हम सभी के लिए कठिन है लेकिन इस संकट पर हम एकजुट होकर विजय हासिल करेंगे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

वैश्विक महामारी कोरोना के नित्य प्रतिदिन बढ़ते मामलों की भयावता के बीच चिकित्सक पूरी शक्ति और मनोयोग से लड़ते हुए लोगों को जीवन दान दे रहे हैं

कोरोना से जंग जीतने वाले इन कोरोना वॉरिवर का कहना है कि इस मेडिकल आपात काल में सरकारी सिस्टम का एक नया चेहरा सामने आाया है जो ये आश्वस्त करता है कि सरकार की इच्छाशक्ति और मार्गदर्शन के बीच अपने कामकाज को लेकर अक्सर नकारात्मक छवि वाली सरकारी व्यवस्था भी कुशल नेतृत्व और दृढ इच्छाशक्ति के बलबूते अप्रत्यासित नतीजे दे सकती है

वहां के डॉक्टर मेडिकल स्टाफ सबको समय पर दवाई खाना नाश्ता आदि साफ सफाई का भी बड़ा ध्यान रखते थे जब मुझे ऐम्बुलेंस हांस्पिटल लेकर जा रही थी तब मैं बड़ा घबड़ाया हुआ था बड़ा बुरा सुन रखा था सरकारी व्यवस्था के बारे में लेकिन वहां का अनुभव मेरा बड़ा आश्चर्यजनक रहा

निश्चित रूप से अगर इसी तरह से कोरोना के खिलाफ सामूहिक लड़ाई चलती रही तो विजय निश्चित होगी

मुख्य समारोह राजधानी लखनऊ में विधानभवन के सामने आयोजित किया जायेगा जहां कल मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण करेंगे इस अवसर पर विधानभवन सहित अन्य इमारतों को साफ और स्वच्छ कर बेहतर ढंग से सजाया गया है प्रदेश भर में सूरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी द्वारा जारी निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और कारोना की गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है कार्यक्रमों में मानव श्रंखला न बनाने के आदश दिये गये हैं विद्यार्थियों को आन लाइन माध्यम से संक्षिप्त म स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताने और शहीद हुए देशभक्तों के जीवन प्रसंगों को दोहराने के लिए कहा गया है

इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित उपमुख्यमंत्री केशव पसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है आज सिद्धार्थनगर जिले में क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिले में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई और इसके बेहतर क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गये लाभार्थियों के लिये प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया बैठक में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह समेत जिले के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए